नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर आज जनता कर्फ्यू को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है

श्री मोदी ने नागरिको से राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल होने और कोराना के खिलाफ संघर्ष को सफल बनाने का अनुरोध किया इधर प्रदेशभर में कपर्यू का असर दिखाई दे रहा है अधिकतर बाजार बंद है परिवहन सेवाएं बंद है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोग अपने घरों में ही है और अभियान को सफल बना रहे है

प्रधानमंत्री ने वायरस से निपटने में सहयोग देने वालों के प्रति आज शाम पांच बजे आभार प्रकट करने की भी अपील की है

ट्वीटर पर श्री मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों और बस अड्डो पर भीड़ बढ़ाकर लोग अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रो में प्रभावशाली और उल्लेखनीय कार्य करने वालों और अनेक संगठनों ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है तथा लोगों से एकजुट होकर इसे सफल बनाने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार रोजाना अलग अलग विमागों से जुड़े सरकार के निर्णय तथा उनकों लागू कराने के लिए गृह और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक कोर ग्रूप का गठन किया गया है यह ग्रूप बंद और अन्य पाबन्दियों के कारण आम जनता विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग की आश्यकताओं के लिए किए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनी अभिशंषा करेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस दौर में लोगों को खाद्य सामग्री से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसलिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रूपए और दो रूपए प्रतिकिलो गेहूं मिलता है उन्हें मई माह तक गेहूं निःशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में रेहडी दिहाड़ी मजदूरों और ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो एनएफएसए की सूची से बाहर हैं उन्हे एक अप्रेल से दो माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं

सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पडे इसलिए इसके लाभार्थियों को पेंशन वितरण अप्रेल के पहले सप्ताह तक कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने अपील की है कि बंद के दौरान फैक्ट्रियों में किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाए तथा उन्हें सवैतनिक अवकाश दिया जाए उन्होंने इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए कि फैक्ट्री प्रबंधकों से निरंतर सम्पर्क रखा जाए

चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ में मिले संदिग्ध का सैम्पल दोबारा जांच के लिए भेजा गया है

कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकार ने हैल्पलाइन नम्बर जारी किए है जहां इस बीमारी से जुड़ी जानकारी और संदिग्ध मरीजों की सूचना दी जा सकती है

इसका उद्देश्य देशभर में जांच सुविधाओं में सुधार लाना है निजी प्रयोगशालाएं आईसीएमआर के तहत काम करेगी दिशा निर्देशों के अनुसार योग्य विकित्सकों की सिफारिश पर निजी प्रयोगशालाएं जांच करेगी जांच के लिए व्यावसायिक किट का इस्तमाल आईसीएमआर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की वैघता के आधार पर किया जायेगा

राज्य सरकार ने लोकहित में एक आदेश जारी कर पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरे बढा दी है